नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश सरकार प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों को बनाएगी बहउद्देशीय सेवा केन्द्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा प्रदेश भाजपा एकजुट पार्टी में किसी तरह की अंर्तकलह नहीं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के समय पर किए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहायता मिली है

मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठा संवाद है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नाबार्ड के सहयोग से बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र बनाएगी मुख्यमंत्री आज शिमला में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी राजनीतिक द्रदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक बार फिर साबित किया है उन्होंने कहा कि जहां एक ओर विश्व के सबसे ताकतवर देश इस महामारी के आगे संघर्षरत है वहीं भारत की स्थिति इनकी तुलना में काफी सुखद है ये सब प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिए गए निर्णयों के कारण सम्भव हो पाया है मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर भाजपा मण्डल की वर्च्अल रैली को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे

झंडूता भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए अनुराग ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण ही आज कोरोना महामारी के समय में भी हम आध्निक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से सर्पक बनाये रखने में सझम है

गोविंद ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि अथवा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में इस सैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है गोविंद ठाकुर कुल्लू में सनोर वैली ट्रक यूनियन भुंतर और द लोअर कुल्लू ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे गोविंद ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग ट्रक यूनियनों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाएगा रणधीर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा पूरी तरह एकजुट है और पार्टी में किसी तरह की अंतकलह नही है रणधीर शर्मा ने मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बड़े परिवारों में कुछ न कुछ विवाद होता रहता है लेकिन जिस विवाद की इस समय चर्चा हो रही है उसे पार्टी ने पूरी तरह सुलझा लिया है उन्होंने कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला और कहा कि उसे दिन में सपने देखने की आदत हो गई है रणधीर शर्मा ने केन्द्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों को बेमिसाल करार दिया और कहा कि इस कार्यकाल में सरकार ने विकास के अथाह कार्य किए हैं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मौजूदा दौरे में केन्द्र सरकार ने समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाई है कोविड अपडेट प्रदेश में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी आज भी जारी रही हालांकि आज राज्य में इस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी दर्ज की गई

बिंदल पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया बिंदल ने इस मौके पर कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र विकास की नई मंजिलें छू रहा है उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूर्ण एहतियात बरतने और केवल जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की बिंदल ने ये भी कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है

अपने इस लंबे कार्यकाल में केंद्र ने अनेक नए आयाम व मील पत्थर स्थापित किए हैं

अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आज अपने आप को गोंदपुर जयचंद स्थित अपने ही घर में क्वारंटीन कर लिया है

बीती रात इस व्यक्ति के कोरोना पॉजीटिव होने की पुष्टि हुई हरोली के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण मनकोटिया ने बताया कि आरंभिक जांच में अग्निहोत्री में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाये गये हैं विभाग वीरवार को उनके गले की लार के नमूने लेगा सीपीएम वामपंथी दल माकपा ने कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों किसानों छोटे कारोबारियों और अन्य वर्गों के लिए तुरन्त राहत प्रदान करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट से निपटने में विफल रही है तथा प्रभावित लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है

पार्टी मरनेगा के तहत कम से कम दो सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित करने और किसानों को दिए गए तीन लाख तक के ऋणों को माफ करने की भी मांग कर रही है